जिले के लोग स्वच्छता के प्रति हो रहे हैं जागरूक

अस्थि विसर्जन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां कल हरिद्वार में हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में गंगा में विसर्जित की जाएगी इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है अस्थि कलश को लोगों के दर्शन के लिए हरिद्वार के शांति कुज में रखा जाएगा जहां पर स्थनीय लोग बीजेपी कार्यकर्ता संत समाज उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे इसके बाद शांति कुंज से खड़खड़ी होते हुए हर की पैड़ी तक अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी जिसके बाद हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में अटल जी की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गृहमंत्री राजनाथ सिंह उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई गणमान्य लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है अटल जी यादें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भले ही पंचतत्व में विलीन हो गए हों लेकिन चम्पावत जिले से जुड़ी उनकी यादें अब भी ताजा हैं

चम्पावत और लोहाघाट के लोगों के अपार प्रेम को देखते हुए उन्होंने वहां जनसभा को संबोधित किया था

स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय में उनका हस्त लिखित पत्र अब भी मौजूद है उस समय भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक कृष्ण चन्द्र पुनेठा ने बताया कि अटल जी लोहाघाट की सुंदरता को देख कर मंत्र मुग्ध हो गए थे वह स्वामी विवेकानंद की कर्म भूमी अद्दैत आश्रम मायावती जाना चाहते थे लेकिन बहुत व्यस्त कार्यक्रम के कारण नहीं जा पाए पहाड़ से उनके लगाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने उत्तराखंड निर्माण के साथ ही प्रदेश को विशेष पैकेज की सौगात भी दी थी स्वच्छता नैनीताल देश को स्वच्छ बनाने का सरकार का सपना उत्तराखण्ड के नैनीताल शहर में पूरा होते हए दिखाई दे रहा है नैनीताल के कैंट बोर्ड ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है जिसमे परिणाम स्वरूप नैनीताल ने इस वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण के अन्तर्गत सिटीजन फीड बैक में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है

साथ ही कैंट बोर्ड ने शहर में विभिन्न स्थानों पर शौचालय बनाए और जैविक और अजैविक कूड़े के निस्तारण के लिए प्रबंध किया

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए अब तक कई टन कूड़ा नैनीताल और उसके आस पास से उठा लिया है हर साल लाखो पर्यटक नैनीताल में घूमने के लिए आते हैं अब शहर के साफ सुथरा होने के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो रही है

पखवाड़े के अंतर्गत प्रभाग में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता सम्बंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

शपथ ग्रहण के बाद फैक्ट्री परिसर और बीएचईएल उपनगरी के विभिन्न स्थानों पर सफाई कार्यक्रम चलाए गए आने वाले दिनों में भी विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर इस तरह के सफाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे बैठक चमोली जिले के विभागीय अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा ताकि दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की जा सके उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा की कमी के कारण अगर कोई भी हादसा हुआ तो संबधित सड़क निर्माणदायी संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिलाधिकारी ने सुरक्षित यातायात के लिए सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉटों डेंजर मोडों पर क्रैश बैरियर पैराफीट रिफ्लेक्टर और वाइट लाइन की मार्किंग करने के साथ ही संवेदनशील सड़क दुर्घटना स्थलों पर जल्द सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिये उन्होंने जिले की स्कूलों में सड़क सुरक्षाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश होने की खबर है पिछले तीन दिनों से राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ बना था जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई लेकिन आज सुबह से ही विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है राजधानी देहरादून के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुककर बारिश होती रही इस बीच राज्य के कई मोटर मार्ग अभी भी भूस्खलन के कारण बाधित हैं ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के सामने भूस्खलन के कारण पिछले एक पखवाड़े से बंद पड़ा है जिसे खोलने की कार्यवाही युद्धस्तर पर जारी है हमारे चमोली प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में कल रात से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण बदरीनाथ हाईवे लामबगड़ के पास यातायात के लिए अवरूद्व हो गया है जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं भावपूर्ण स्मरण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पर्वतीय गांधी और उत्तराखण्ड आन्दोलन के प्रणेता स्वर्गीय इन्द्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया है श्री बड़ोनी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर श्री बडोनी ने राज्य निर्माण के लिये मजबूत आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये उनकी संकल्पनाओं और राज्य निर्माण के संघर्ष में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है श्री रावत ने कहा कि हम सबको स्वर्गीय बडोनी जी के सपनों के अनुरूप राज्य का विकास करने के लिए अपनायोगदान देना होगा यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी

जिले के मुख्य विकास अधिकारी प्रशान्त आर्य ने जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक लेते हुए ये निर्देश दिए उन्होंने कहा कि बैंक ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए अधिकारी कृषि पशुपालन मुर्गी पालन मधुमक्खी पालन के साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं में किसानों को अधिक से अधिक ऋण दें मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक बैंकर्स गांव में जाकर वित्तीय साक्षरता शिविर लगाएं ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को बैंक सेवाओं से जोड़ा जा सके

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हरदयाल सिंह ने अपने सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन से राष्ट्रीय हॉकी टीम में अपनी जगह बनायी थी मुख्यमंत्री ने उनके निधन को खेल जगत के लिये अपूरणीय क्षति बताया है

वे प्रतियोगिता में फुटबाल टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी जबकि उनके कोच नीरज पांडे प्रतियोगिता में सहायक फुटबाल कोच की भूमिका में नजर आएंगे